प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस का जवाब देते हुए विपक्ष को अहंकारी बताया उन्होंने कहा कि यह सरकार का शक्ति परीक्षण नहीं है लेकिन कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों की परीक्षा है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं कमजोर वर्गों युवाओं और किसानों के फायदे के लिये काफी काम किया है लेकिन विपक्ष को इन कामों से जुड़े तथ्यों में विश्वास नहीं होता श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तृष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के बिना सबका साथ सबका विकास के विचार को लेकर देश की सेवा कर रही है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए अगले वर्ष के आम चुनाव में फिर सत्तारूढ होगी श्री मोदी ने काले धन पर कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने ढाई लाख से अधिक फर्जी कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई की है डूबे ऋणों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह समस्या यूपीए सरकार से विरासत में मिली है उन्होंने कांग्रेस पर पहले दिये ऋणों की वसूली किये बगैर दोबारा कर्ज देने का आरोप लगाया अविश्वास प्रस्ताव पर जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का समर्थन करने वाली सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने का काम जारी रखेगी

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कम राजस्व मिलने वाली कुछ वस्तुओं पर कर दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है

श्री शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिये जयपुर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे इसके बाद वे प्रदेश के भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे श्री शाह शाम को भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स मीट में भी हिस्सा लेंगे और देर शाम भाजपा कोर ग्रप तथा चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

जोधपुर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने यह अफीम जिले के पिपराली बाईपास पर इन तस्करों से बरामद की गई

यह पोस्त कागज की रद्दी की बिल्टी पर पंजाब ले जाया जा रहा था

अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कल भीलवाडा में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में उद्योगपतियों और अन्य संस्थाओं की मदद ली जायेगी